केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारों को बताया कि यह टीका दस हजार सरकारी असपतालों में मुफ्त लगाया जायेगा जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को खूद वहन करनी होगी इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया और एक रोगी स्वस्थ हआ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार रह गई है और रिकवरी दर निन्यानबे दशमलव छह चार प्रतिशत है राज्यभर में कल कोविड जांच के लिए तीन सौ तीस सैंपल एकत्र किए गए

विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने बताया कि सात दिवसीय बजट सत्र में आगामी तीन मार्च को वित्त वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए पेश बजट पहली बार पेपर लेस होगा उन्होंने बताया कि पहले की तरह इस बार कोई ब्कलेट प्रदान नहीं किया जाएगा और विधानसभा के सदस्यों को सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी पिछले वर्ष राज्य विधानसभा में श्री पी डी सोना द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान परियोजना को लागू किया गया विधानसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि विभिन्न च्नौतियों के बावजूद राज्य विधानसभा की कार्रवाही को पेपर लेस बनाने के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल कर लिया जाएगा

राष्ट्रपति ने नव निर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्टस एन्क्लेव की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर केन्द्रीय ग़ह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मोटेरा में नव निर्मित विश्व के सबसे बडे क्रिकेट स्टेडियम को नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जायेगा उन्होंने कहा कि अहमदाबाद ऐसा विश्व स्तरीय खेल केन्द्र बन गया है जहां अल्प समय में ही कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है

राज्य में संत्रासमुक्त असम नीति आरंभ करने के बाद असम सरकार ने आतंकी हिंसा की रोकथाम के लिए तीन सूत्री रणनीति अपनाई है जिसके तहत आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को हथियार डालने के लिए प्रेरित किया जाता है मुख्य धारा में शामिल होने वाले आतंकी संगठनों के सदस्यों का प्नर्वास भी इस रणनीति का हिस्सा है

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री एनबिरेन सिंह और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे म्ख्यमंत्री ने कहा कि असम राइफल्स ने उग्रवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अलावा अफीम की खेती के खिलाफ अभियान में भी प्रभावी कार्रवाई की है

आई एम सी के मेयर तामे फासांग ने निगम के अधिकारियों और पार्षदों की मौजूदगी में इस अभियान का श्भारंभ किया उन्होंने कहा कि आई एम सी की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरुक करने और उनके सहयोग से इसे प्रभावी तरीके से लागु करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है

इस संबंध में जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंह की अध्यक्षता में कल आयोजित बैठक में संबंधित विभागों और बैंकों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया

कल आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा द्रग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई